मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

अलवर जिले के बहरोड़ तथा खेड़ली भरतपुर के बयाना तथा डीग और गंगानगर जिले के रायसिंहनगर में अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गये हैं जयपुर जिले के बगरू निकाय में सबसे ज्यादा चार प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है

इसके लिये आज चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तार की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये श्री मेहरा ने अधिकारियों से नगर निकाय चुनाव के लिए सकारात्मक तथा निर्भिक माहौल बनाने को कहा

साथ में कोरोना के सकिय मामालों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है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

इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह कल आयोजित किया जाएगा कल ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्चअल माध्यम से विभिन्न विकास कार्यो के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे समारोह में राज्य सरकार की उपलब्धियों को वर्चुअल तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा और उपलब्धियों पर प्रकाशित साहित्य का विमोचन किया जाएगा

उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां ने कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के दो साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की विफलताओं की लम्बी फेहरिस्त है और सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की है उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है

इन चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खाली लगभग सभी पदों पर चिकित्सक तैनात कर दिये गये हैं

नये नियुक्त चिकित्सकों में से पीजी किए चिकित्सकों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार तहसील मुख्यालय सहित शहरी क्षेत्रो में तथा एमबीबीएस चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित किया गया है

इससे पहले यह कार्यक्रम आज शाम होना था श्री निशंक ने ट्वीट कर शिक्षकों से इस संवाद के लिए अपने प्रश्न और सुझाव साझा करने की अपील की है

इसरो के अध्यक्ष डॉ के सिवन ने इसके लिए अभियान दल को बधाई दी है

योजना के अनुसार यह उपग्रह विस्तारित सीबैणड के लिए अपनी सेवाएं देता रहेगा

माउंट आब में आज पारा लढककर जमावबिन्दु से एक डिग्री नीचे दर्ज हुआ

मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक दिन तथा रात में कड़ाके ठंड पड़ने तथा शीतलहर की चेतावनी जारी की है

इस अवसर पर पूर्व सांसद अश्क अली के अलावा विधानसभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भी स्वर्गीय जोशी को श्रद्धा सुमन भेंट किए